इसके अलावा यातायात चौराहों शहरी स्थानीय निकाय विभाग के वाहनों तथा सूचना जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के प्रचार वाहनों से भी प्रचार प्रसार करवाने को कहा गया है

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को भी मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर सख्ती बरतने तथा मौके पर ही चालान काट कर उन्हें कम से कम पांच पांच मास्क वितरित करने के निर्देश दिये है श्रावण माह की शिवरात्रि को देखते हए अब बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि कंटेनमेंट जोन को छोडक़र अन्य क्षेत्रों में मंदिरों में गंगाजल चढ़ाने की अनुमति केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंदिरों में पूजा के लिए पहले से जारी दिशा निर्देशों के अन्रूप प्रदान की जाएगी इसके लिए टोकन सिसटम अपनाया जायेगा

पंडिल भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविदयालय के क्लपति डॉ ओ पी कालड़ा ने एक पत्रकारवार्ता में बतायाकि कल वीरवार तीन लोगों पर दवा का परीक्षण किया गया जो सफल रहा उन्होंने बताया कि परीक्षण से पहले उन सभी व्यक्तियों के टेस्ट किये गये और फिर उन्हें परीक्षण में शामिल किया गया दवा लेने के बाद उन्हे तीन घंटे तक डाक्टरों की देख रेख में रखा गया उन्होंने बताया कि फिलहाल इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला

प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हो रहे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र के वर्च्अला सम्मेलन में आज शाम साढ़े आठ बजे म्ख्य भाषण देंगे श्री मोदी ने अलावा नार्वे की प्रधानमंत्री अरना सोलबर्ग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियों गृतरेस भी समापन समारोह को सम्बोधित करेंगे इस समारोह में विभिन्न सरकारी व निजी क्षेत्र के सिविल सोसायटी व शिक्षा जगत के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे है

आज अम्बाला में एक फरीदाबाद में तीन ग्रूग्राम में दो पलवल में एक और नृंह में दो कोरोना मरीज़ों की मृत्यु भी हुई है

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने किसानों दवारा पर्यावरण अन्कूल जैविक खेती अपनाने पर बल दिया है आज चंडीगढ़ में हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग दवारा तैयार किये गये न्यूज़ लेटर व कैलेंडर का अनावरण करने के मौके पर उन्होंने किसानों को फसल विविधीकरण की ओर मुड़ने और बागवानी व अन्य कम पानी से होने वाली फसलों की बिजाई करने की सलाह भी दी उन्होंने कहा कि रासायिनक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से धरती की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है आयोग के सदस्य सचिव डॉ आर एस बाल्याण ने इस मौके पर बताया कि आज जारी किये गये न्यूज़लेंटरर्स में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष जनवरी से लेकर जून तक किसानों से सम्बधित आयोजित की गई गतिविधियों व उपलब्धियों के बारे में विवरण दिया गया है डाक विभाग ने डाक घरों के माध्यम से लोगों को गंगाजल उपलब्ध कराने का फैसला किया है

उन्होंने बताया कि भिवानी में डाक विभाग शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में विशेष तौर एक स्टाल भी लगायेगा